वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में और अधिक निवेश की जरूरत बताई इस्राइल की कंपनी ने मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में एलगी और कैनबिस फार्म लगाने का प्रस्ताव दिया स्लग कैबिनेट राज्य मंत्री परिषद ने प्रांतीय चिकित्सा सेवा और दंत शल्य चिकित्सा अधिकारियों की मौलिक तैनाती की मांग पर पहाड़ों में पोस्टिंग के बाद इनको वन टाईम रिलेक्सेशन का लाभ देने का निर्णय लिया है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हई

शासकीय प्रवक्ता कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के साथ सरकार का जो एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है उसके तहत सिंगापूर के एक्सपर्ट स्मार्ट सिटी पर कार्य करेंगे और एक वर्ष के भीतर रिपोर्ट सौंपेंगे

यह बात आज हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के सभागार में केन्द्रीय मंत्री थावर चन्द गहलोत ने कही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केन्द्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने हाथ से मैला ढोने वाले लोगों के साथ आज चर्चा का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ

केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि ऐसे लोगों को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और जो लोग प्रशिक्षण लेने के इच्छुक न हो उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वे भविष्य में अपना रोजगार शुरू कर सकें

खेल मंत्री ने जिलाधिकारियों और जिला खेल अधिकारियों को दूसरे चरण में विकास खण्ड स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने विकासखण्ड और जिला स्तर पर वितरित की जाने वाली पुरस्कार की धनराशि प्रतियोगिता समापन के अवसर पर प्रतियोगिता स्थल में ही वितरित करने के भी निर्देश दिये गौरतलब है कि युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित खेल महाकृम्भ में चार चरणों न्याय पंचायत विकास खण्ड जनपद और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं न्याय पंचायत स्तर की प्रतियोगिताओं का समापन हो गया है

खेल मंत्री द्वारा विजेता खिलाड़ियों के पुरस्कार राशि में बढ़ोत्तरी के आदेश के बाद न्याय पंचायत स्तर पर खिलाड़ियों की संख्या में वृद्वि हुई है स्लग आधार की अनिवार्यता भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्कूल बच्चों के प्रवेश के लिए आधार संख्या को अनिवार्य शर्त नहीं बना सकते प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेय ने कल नई दिल्ली में कहा कि एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग करना कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और यह उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के भी खिलाफ होगा आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्राधिकरण को खबर मिली है कि कुछ स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं प्राधिकरण ने स्कूलों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड न होने के कारण किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित न किया जाए स्लग अरुण जेटली वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना सरकार के सामने लंबे समय से एक चुनौती बनी हुई है भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने का एक तरीका किसानों को आमदनी के और अधिक साधन मुहैया कराना हो सकता है उन्होंने कहा कि सिंचाई जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे में और अधिक निवेश करने की जरूरत है

इस्राइल के व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने देहरादून में मुख्यमंत्री से मुलाकात की इस्राइली व्यापारिक कम्पनी प्योरमैजिक लिमिटेड ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि एलगी की एक प्रजाति होमोटोअकोकस प्लूविलिस का उपयोग एसटेक्सउथीन बनाने में किया जाता है जिसे कॉस्मेटिक्स और विभिन्न न्यूट्रिशनल सप्लीमेन्ट में प्रयोग किया जाता है कंपनी ने प्रदेश में इसका उत्पादन इसराइली तकनीक से करने की इच्छा जताई है इसके साथ ही इसराइली कम्पनी मेडिसनल जीएमपी कैनबिस यानि औषधीय भांग के पौधे की खेती और प्रोसेसिंग भी उत्तराखण्ड में करना चाहती है जिसकी देश विदेश के बाजार में औषधीय प्रयोगों के लिए बहुत अधिक मांग है प्रतिनिधिमण्डल ने बताया कि कम्पनी प्रदेश में औषधीय भांग के पौधे की खेती और प्रोसेसिंग के लिए इण्डियन इण्डसट्टियल हैम्प ऐसोसिएशन के साथ भागीदारी के संभावनाओं पर विचार कर रही है उत्तराखण्ड में भांग के खेती के लिए एकमात्र इण्डियन इण्डस्ट्रियल हैम्प एसोसिएशन को लाइसेंस प्राप्त है मुख्यमंत्री ने इसराइली व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल को प्रदेश सरकार की ओर से इन प्रस्तावों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हर संभव सहायता और सहयोग का आश्वासन दिया है

जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल समेत तमाम अधिकारियों जनप्रतिनिधियों और आमजन ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी

उत्तरकाशी चमोली रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की संभावना है भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है उत्तराखंड के लिए श्री थावर चंद गहलोत को प्रभारी नियुक्त किया गया है